स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने पुष्टि की है कि सरकार सभी पात्र लाभार्थियों को ये सेवा प्रदान करेगी भले ही उनके पास आधार कार्ड हो या नहीं इस योजना का उद्देश्य अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज के लिए प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का बीमा लाभ देना है स्वास्थ्य मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण मीडिया में आई उन खबरों के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है मंत्रालय ने इस खबर को गलत बताया है गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग सामरिक दृष्टि से काफी महत्व पूर्ण हैं और देश की बहुमूल्य सम्पत्ति की तरह हैं और सीमाओं की रक्षा में उनकी अहम भूमिका है गृहमंत्री ने कल नई दिल्ली में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को लागू करने वाले क्षेत्रीय और राज्य स्तर के अधिकारियों के साथ बातचीत में यह बात कही

केन्द्र सरकार ने करों से जुड़े मामलों में अपील दायर करने की सीमा बढ़ा दी है

अभी यह सीमा दस लाख रूपये की है भारत निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त डॉ संदीप संक्सेना ने आगामी विधानसभा आम चुनावों की तैयारियों के संबंध में कल नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत और सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से चर्चा की श्री सक्सेना ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को खास इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान बनाकर काम करने की सलाह दी उन्होंने मतदाता सूचियों में नए नामों को जोड़ने बीएलओ और बीएलए की मिटिंग करवाने जैसी आम बातों से लेकर मतदान के दिन मतदान केंद्रों को मतदाता के लिये सहयोगवत बनाने चुनाव के लिए पर्याप्त स्टाफ जुटाने चुनाव खर्च निगरानी वीवीपैट और ईवीएम रख रखाव करने जैसे कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन करवाने का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए

मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने मुकुट बिहारी मीना के शहीद होने पर संवेदना व्यक्त की है मुख्यमंत्री ने अपने संवेदना संदेश में कहा कि उन्होंने देश के लिए शहादत देकर अपने परिवार के साथ ही पूरे प्रदेश और देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के सदस्य सचिव एस के जैन ने बताया कि इस लोक अदालत में न्यायालय में लम्बित सभी तरह के राजीनामा योग्य प्रकरणों और प्रीलिटीगेशन के मामलों की सुनवाई होगी उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय जोधपुर और जयपुर में नियमित लोक अदालत का आयोजन होगा

प्रदेश के आधार नामांकन विहीन ऋणि किसानों का आधार नामांकन किया जायेगा

उन्होंने कहा कि सभी बैंक पात्र किसानों के ऋण माफी प्रमाण पत्र तैयार कर ऋण माफी शिविरों में किसानों को वितरित करें